अनलॉक प्रदेश में कोरोना संकमण के कारण दो माह से बंद धार्मिक स्थल होटल रेस्तरां और मॉल कुछ शर्तों के साथ आज से खोले जा रहे हैं हालांकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में ये सभी संस्थान चरणबद्व ढंग से खोले जाएंगे भोपाल में धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने तैयारियों के लिए और समय मांगा है जिससे इनके अगले सप्ताह खुलने की संभावना है इन्दौर में भी फिलहाल धार्मिक संस्थान नहीं खुलेंगे वहीं उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के मंदिर सहित सभी धर्म स्थल आज से खुल रहे हैं शॉपिंग माल और रेस्तरा खोलने के संबंध में सरकार ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं जिनका प्रबंधन और लोगों को पालन करना होगा इसके तहत मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाये रखना जैसे नियम शामिल है सभी रेस्तरां से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहित करें केन्द्र के दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी

पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह दी गयी है इसके अलावा प्रतिमाओं और पवित्र पुस्तकों को भी छूने की इजाजत नहीं होगी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्दौर में कोरोना संबंधी राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लेंगे दो दिन के प्रवास पर इन्दौर पहॅच रहे मुख्यमंत्री बैठक के बाद कोरोना शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे दोपहर में वे आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयोजन में शामिल होंगे इसके बाद उनका डॉक्टरों से मुलाकात का कार्यक्रम है श्री चौहान के समक्ष शाम को औद्योगिक विकास संबंधी कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं की प्रस्तुति दी जायेगी मुख्यमंत्री इनकी समीक्षा के साथ ही उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे

और एक्टिव मामलों की संख्या स्वस्थ्य हुए लोगों की संख्या से कम है

जिन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दी गई

धार में नये रोगियों के सामने आने की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या कहीं अधिक हैं

मुरैना एक परिवार के तीन सदस्यों सहित सात नये मामले मिले हैं शिवपुरी में भी कल कोरोना संकमण का एक मरीज मिला है

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केन्द्र ने लगभग आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों फंसे और जरूरतमंद परिवारों और बगैर राशन कार्ड वाले लोगों को आठ लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध कराने का फैसला किया है सभी प्रवासी मजदूरों को प्रतिव्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न मई और जून माह के लिए मुफ्त वितरित किया गया है मेंत्रालय ने कहा है कि राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों में बीस लाख से ज्यादा लाभार्थियों को दस हजार टन खाद्यान्न वितरित किया है

लोगों को प्रति परिवार मई और जून के लिए एक किलोग्राम दाल दी जायेगी

भाजपा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहॅचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया है इसके तहत आज वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभाओं को कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा प्रदेश पदाधिकारी सांसद और विधायक भी कार्यकर्ताओं से अभियान को लेकर चर्चा करेंगे आयुष्मान स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना गरीब परिवारों के लिए बहत कारगर साबित हो रही है और इससे वे निशुल्क ईलाज सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने कल ग्वालियर में आयुष्मान हेल्थ ऐप का शुभारंभ करते हुए उम्मीद जताई कि ये ऐप मरीजों के लिए लाभदायक सिद्द होगा और वे इसके माध्यम से घर बैठे ही मोबाइल पर ईलाज के लिए अपना पंजीयन करा सकेंगे इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत उपचार करा रहे मरीजों के स्वास्थ की जानकारी भी ली विशेष अभियान इंदौर जिले में राजस्व और बंटवारा प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान आज से चलाया जाएगा अभियान का उददेष्य किसानों को जमीन संबंधी मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध करवाना है

मौसम विभाग ने आज भोपाल होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और शहडोल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है